उन्होंने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति बनाई गई है प्रधानमंत्री आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में लचीलापन है यह बड़े बदलावों के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी

पांच वर्ष तक देश भर में इसके हर बिन्दु पर व्यापक डिबेट और डिसक्शन हुए है

यह सच्चे अर्थ में पूरे भारत को भारत के सपनों को भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नये भारत की शिक्षा नीति आई है

प्रधानमत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षा ग्रहण की जा सकगी इस बदलाव से भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी और देश के ज्ञान और एकता का विस्तार होगा इसके साथ हो विश्व भी भारत की समृद्ध भाषा से परिचित होगा

मानव संसाधान विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन का यह चौथा संस्करण है इस हैकाथॉन से युवाओं में लीक से अलग हटकर सोचने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करने में अपार सफलता मिली है

उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर के माध्यम से बेहतर समन्वय बनाकर मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि चिकित्साकर्मियों को मेडिकल संकमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रबन्ध किये जायें और बायो मेडिकल वेस्ट को निर्धारित मानकों के अनुरूप विस्तारित किया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि गो आश्रय स्थलों से जनप्रतिनिधियों सहित अन्य समाजसेवियों को जोड़ा जाये उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों में तेजी से राहत कार्य करते हुए प्रभावित जनता को राशन के राहत पैकेट वितरित किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सभी त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिए पूरी सावधानी बरतने और सेवायोजन पोर्टल को प्रभावी ढंग से कियाशील रखने को कहा है

नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है इस महीने की पांच तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है सोशल डिस्टेंशिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक पांच प्रतिशत रह गई है

श्री द्विवेदी ने कहा कि अनेक बुद्धिजीवियों एवं समाजसेवियों की आग्रह पर यह मांग की गई है साथ ही जनपदवासियों को इस महामारी से बचाए जाने के लिए ठोस कदम उठाये जाने का निवेदन किया है उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के चलते यदि हम सभी सजग होकर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ जाएगी इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिले के प्रत्येक नागरिक को इस लड़ाई में मिलकर साथ देना चाहिए तभी कोरोना संक्रमण को रोका जा सकेगा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

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन और शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच अगस्त को भूमि पूजन करेंगे केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृ ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटल ने कल अयोध्या जाकर तैयारियों का जायजा लिया

विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया ये एक बहुत विशिष्ट प्रयास है और इसमें जिम्मेदारियों सभी लोगों को वितरित की गई है विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दो चीजों को लेकर आई है

इन स्थान पर हमको दीपोत्सव आयोजित करना है वॉलिंटियर्स की संख्या को सीमित रखना है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी स्वास्थ्य संबंधी सारे मानकों का भी अनुपालन करना है जो हम राम जन्म भूमि परिसर और राम की पैड़ी पर जो कार्य कर रहे हैं दीपोत्सव को उसको हम इस तरह से शेपिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ भी न जले फिर भी वह बहुत सुंदर लगेगा उनके कलर कम्बिनेशन में और उनके दियों को एक निश्चित आकार में रखने से जो मैसेज है वह पूरा का पूरा जायेगा रंगोली और दीपमाला के जरिए रामायण कालीन प्रसंगों को पेश किया जाएगा और इस काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है अयोध्या से राजेंद्र सोनी के साथ सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया

लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए स्थानीय मस्जिदों म पांच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की वहीं ज्यादातर लोगों ने अपन अपन घरों में नमाज पढ़ी लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी और घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की इस दौरान पुलिस प्रशासन सकिय रहा और मस्जिदों के आस पास पुलिस तैनात रही फिरोजाबाद बलरामपुर मुरादाबाद हापुड़ आगरा मऊ बरेली अमरोहा वाराणसी और चित्रकूट सहित विभिन्न जिलों में ईद उल अज़हा का त्यौहार शांति सौहार्द और धार्मिक भावना के साथ मनाया गया इस दौरान शहरों के प्रमुख स्थानों से लेकर गली मोहल्लों तक पुलिस ने गश्त की और ड्रोन कैमरों से कड़ी नजर रखी गयी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है

मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है उनका कहना है कि तीन तलाक के नाम पर समाज में मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था तीन तलाक कानून बनाकर उनके साथ इंसाफ किया गया वहीं अलीगढ़ में भी मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक कानून के एक वर्ष पूरा होने पर ख्रशी जाहिर की है

प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने राज्य में सभी तटबंध सुरक्षित हैं कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है उन्होंने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते बताया कि प्रदेश के प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ तथा पीएसी की कुल सोलह टीमें तैनात की गयी हैं राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ या अतिवृष्टि की आपदा से निपटने के लिए बचाव और राहत प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं श्री गोयल ने बताया कि बाढ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न किट और राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है राज्यसभा सांसद और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया

वह लम्बे समय से अस्वस्थ थे